ये दल कोविड प्रभावित क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पहले भेजे गए केंद्रीय दलों के अतिरिक्त होंगे

ग्रना में कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है

हालांकि मृतकों की संख्या एक से बढ़कर दो हो गई है

खंडवा में भी कल एक मरीज को छट्टी दी गई

बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर हैदराबाद से उत्तरप्रदेश के एटा और झांसी जा रहे थे

प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान इन केंद्रों को श्रु करने की अन्मति दे दी है

भोपाल शहर की कमान स्मित पचौरी को सौंपी गई है माधव अग्रवाल को होशंगाबाद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ग्वालियर नगर कमल मखीजानी ग्वालियर ग्रामीण कौशल शर्मा अध्यक्ष बनाए गए हैं

मौसम प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम में बदलाव आ गया है राजधानी भोपाल में कल शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हई जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली हालांकि आंधी से कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हई वही सिवनी में तेज हवा के साथ बारिश होने से विक्रय केंद्रों में रखा गेहं गीला हो गया मौसम केंद्र भोपाल के अन्सार आज भी होशंगाबाद ब्रहानप्र खंडवा और नीमच सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है

कल कार्डियक अरेस्ट के बाद रायप्र के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था